भारतीय चिकित्सा संघ ने अपना प्रस्तावित रोष प्रदर्शन वापिस लिया

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को गैर ज़मानती अपराध बनाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी हरियाणा में आर्थिक गतिविधियां शुरू हई

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवकार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने भी इस बैठक में शिरकत की

श्री शाह ने हाल की में स्वास्थ्य कर्मियों पर हये हमलों की निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं डॉक्टरों से सम्बधित चिंताओं और मुद्दों पर विशेष ध्यान दे रहे है उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनायें न हो इसके लिए आवश्यक प्रबंध किये जायेंगे उन्होंने चिकित्सकों से अपील की कि उनके द्वारा प्रस्तवित किया प्रतीकात्मक रोष भी जाहिर न करें क्योंकि यह राष्ट्र या वैश्विक हित में नहीं है भारतीय चिकित्सा संघ ने केन्द्र सरकार से मिली उच्च स्तरीय प्रतिक्रिया और गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रियों दवारा दिये गये आश्वासन के बाद अपना प्रस्तावित रोष वापिस ले लिया है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों को पत्र लिखकर सभी स्वास्थ्य कर्मियों की स्रक्षा स्निश्चित करने के लिए उचित उपाय करने को कहा है

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के एक पत्र में आशा वर्करों जैसे अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे कर्मियों के लिए समय पर अदायगी करने को कहा गया है मंत्रालय ने राज्यों को कहा कि यह दिशा निर्देश सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों तक पहंचाये जायें केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट और इलैक्टोनिक मीडिया को एडवाइज़री जारी कर पत्रकारों को कोरोना वायरस से सम्बधित घटनाओं को कवर करते समय एहतियात बरतने के लिए कहा है

इस एडवाईज़री मे मीडिया संसथानों के प्रबंधकों को अपने फील्ड में और कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की आवश्यक स्वास्थ्य संभाल करने के लिए कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय आयूर्विज्ञान अन्संधान परिषद दवारा रेपिड एंटी बोडी टेस्ट के लिए सभी राज्यों को प्रोटोकॉल जारी किया गया है आज नई दिल्ली में मीडिया को सम्बोधित करते हये स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने कहा कि रेपिड एंटी बाडी टेस्ट निगरानी के लिए एक साधन के तौर पर प्रयोग किये जायें प्रवक्ता ने कहा कि इस टेस्ट का दुनियाभर में लाभ लिया जा रहा है और इस समय ये व्यक्तियों में एंटी बॉडी बनाने का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस टेस्ट के परिणाम क्षेत्रीय परिस्थितियों पर भी निर्भर करते है

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को दंडनीय और गैर जमानती अपराध बनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है

इस कानून के अन्सार स्वास्थ्य कर्मियों की किसी तरह की चोट पहंचने या आर्थिक न्कसान पहुंचने पर मुआवजा दिया जायेगा

हरियाणा में आर्थिक गतिविधियां श्रू हो गई है

हरियाण के उप मुख्यमंत्री द्ष्यंत चौटाला ने आज चंडीगढ़ में पत्रकारवार्त में यह जानकारी दी

श्री चौटाला ने बताया िक मानेसर के एक कोरियाई कंपनी की रेपिड टेस्ट किट बनाने की अन्मति दी है इससे देश की मांग को पूरा किया जा सकेगा

उन्होंने कहा कि किसानों के स्वास्थ्य के जोखिम को ध्यान में रखते हये एक दिन मे कम किसानों को बुलाया जा रहा है श्री चौटाला ने कहा कि किसानों का एक एक दाना खरीदा जायेगी और आढ़ती दवारा तीन दिन में किसान के खाते में पैसा जमा करवाना होगा

सोनीपत से हमारे संवाददाता ने बतायाकि आज पोजिटिव पाये गये मामलों में मिशन रोड पर रहने वाले दो परिवारों के तीन लोग और सरस्वती विहार की रहने वाली एक महिला शामिल है फरीदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन में बदरप्र के साथ लगती सीमा को पूरी तरह सील कर दिया है अब हर छोटे बड़े काम के लिए पास उपलब्ध होने पर भी दिल्ली जाया जा सकेगा

अस्पताल के वरिष्ठ चिक्तिसा अधिकारी डॉ अजय माम ने बताया कि अग्रिम पंक्ति में अपनी सेवायें देते हये मीडिया कर्मी कई लोगों के सम्पर्क में आते है इसलिए उनके संक्रमण की चपेट में आने का खतरा रहता है उनहोंने कहा कि अभी तक जिन मीडिया कर्मियों के नमूने लिये गये है उनमें से किसी में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखाई नही दिये